कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दबाव के बावजूद नागरिकता संशोधन अधिनियम और अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को निरस्त करने के फैसलों पर पूनर्विचार नहीं किया जाएगा श्री मोदी उत्तर प्रदेश के चंदोली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देशहित में ये फैसले लेने जरूरी थे

जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे

देश हित में यह फैसले जरूरी थे और दुनियाभर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है परीक्षा के लिये पूरे प्रदेश में एक हजार तीन सौ अड़सठ केंद्र बनाये गये हैं चौबीस फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में पंद्रह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं परीक्षा भवन में प्रवेश करने के पूर्व अभ्यर्थियों की दो बार जांच की जायेगी कॉपी और ओएमआर शीट पर परीक्षार्थियों की तस्वीर लगी होगी सभी परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर दस मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुये नियमित शिक्षक और अनुदानित कॉलेज तथा स्कूलों के शिक्षकों को वीक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने कहा है कि जो भी शिक्षक मैट्रिक परीक्षा ड्यूटी से अनुपस्थित रहेंगे उन्हें निलंबित करते हुये उनके वेतन से कटौती की जायेगी नोवल कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो केन्द्रीय टीम बिहार दौरे पर है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि यह टीम नेपाल के सीमावर्ती जिलों का दौरा करेगी राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान एनसीडीसी के सहायक निदेशक डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव के नेतृत्व वाली इस टीम में चार सदस्य है राज्य की स्वास्थ्य विभाग की निगरानी अधिकारी रागिनी मिश्र ने आकाशवाणी को बताया कि एक टीम आज सीतामढ़ी और आसपास के जिलों का दौरा करेगी उन्होंने बताया कि दूसरी टीम मुबधनी पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण जिले के सीमावर्ती इलाकों में जाएगा केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि आयकर संबंधी छूटों और रियायतों को समाप्त करने की अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है हैदराबाद में व्यापार प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का उद्देश्य देश को एक सरल छूट रहित और कम दरों वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है नामांकन में गड़बड़ी की मिल रही शिकायतों के बीच राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने प्रदेश के सभी बीएड् कॉलेजों की जांच का आदेश दिया है जांच में मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि इन कॉलेजों में नामांकन में पूरी पारदर्शिता बरती गयी या नहीं विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये केन्द्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन योजना के दायरे में लाने पर विचार कर रही है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी प्रदेश में एक अप्रैल के बाद बीएस फोर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की न तो बिक्री होगी न ही उनका निबंधन होगा परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पूर्व से चल रहे बीएस फोर वाहनों के परिचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी लोक जन शक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव स्थानीय विकास के मुद्दों पर लड़ा जायेगा नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए में बनी हुई है श्री पासवान ने कहा कि बिहार में विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पहाड़ी हिस्सों में हो रही बर्फबारी और एक नये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुरूवार से प्रदेशभर में बादल छाये रहने की सम्भावना है विभाग ने कहा है कि चौबीस फरवरी तक मौसम का रूख परिवर्तित रहेगा तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने राज्य से बाहर रहने वाले उद्यमियों से अपने प्रदेश में निवेश करने की अपील की है मुम्बई में एक समारोह में श्री चौधरी ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए राज्य सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं और अब प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेशभर के अस्पतालों में सरकार एक सौ पच्चीस करोड़ रूपये के जांच उपकरण लगायेगी पटना में एक समारोह को संबोधित करते हुये श्री पांडेय ने कहा कि सरकार मरीजों को आध्रनिक तकनीक पर आधारित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है प्रदेश में तीन हजार दो सौ दस आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी आयुष निदेशालय के महानिदेशक अरविंदर सिंह ने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है इस वर्ष हज पर जाने वालों के लिए पहली किस्त की राशि जमा करने की अंतिम तिथि पच्चीस फरवरी तक बढ़ा दी गयी है बिहार राज्य हज कमिटी के चेयरमैन सोनू बाबू ने यह जानकारी दी सारण जिले के मढ़ौरा बाजार में दारोगा मिथिलेश कुमार और एक सिपाही की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चार फरार आरोपियों की घरों की कुर्की जब्ती की इस मामले के चार अन्य फरार आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती होनी बाकी है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ ने छापेमारी कर एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से एक कारबाईन एक रायफल और चालीस कारतूस बरामद किये गये हैं मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा स्थित एक कुरियर कम्पनी से अपराधियों ने साढ़े पांच लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि कर्मियों को बंधक बना कर इस घटना को अंजाम दिया सीवान जिले के महादेवा पुलिस चौकी क्षेत्र के रामदेव नगर से पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार ने एएसआई लाल बाबू मांझी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है गया में सीएए के खिलाफ निकाले गये एक जुलूस से पुलिस ने महिला नक्सली कलावती देवी को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली पिछले वर्ष लटुआ थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में शामिल थी सीके नायडू अन्डर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में पुद्दुचेरी के खिलाफ हार के साथ ही बिहार का अभियान समाप्त हो गया पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले गये मैच में पुद्दुचेरी की टीम ने बिहार को एक सौ तैंतीस रनों से पराजित कर दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मैट्रिक परीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है आज से पन्द्रह लाख बच्चों का इम्तिहान शिक्षक हड़ताल पर अड़े दावा छिहत्तर हजार स्कूलों में रहेगी तालाबंदी हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है बिहार की शराबबंदी रोल मॉडल पूरे देश में लागू हो दैनिक जागरण की सुर्खी है सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बैंक खाते में मेधासॉफ्ट पोर्टल से भेजी जायेगी राशि प्रभात खबर लिखता है किसान क्रेडिट कार्ड समेत अन्य ऋण योजनाओं के आवेदन अब होंगे ऑनलाईन बैंकों को निर्धारित समय में देना होगा लोन दैनिक आज की सुर्खी है केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है भाजपा छह अप्रैल तक हर पंचायत में पहुंचेगी

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू हो रही है